भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय दल के नेता के रूप में नरेन्द्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया इसके बाद केंद्रीय कक्ष में मौजूद भाजपा और सभी सहयोगी दल के सांसदों ने भी मेजें थपथपाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया इसके बाद एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई इसके लिए सहयोगी दल के रूप में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने नरेन्द्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा इसके समर्थन में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित अन्य सहयोगी दल के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया इसके पश्चात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने औपचारिक तौर पर नरेन्द्र मोदी को सर्व सम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने की घोषणा की इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज सहित एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने पुष्पगुच्छ भेंटकर श्री मोदी का स्वागत किया

उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जो सार्थक बदलाव आया है उसके लिए एनडीए के घटक दल प्रमुख रूप से साक्षी हैं श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है जनता ने नए युग का आरंभ किया है उन्होंने कहा कि इस चुनाव से नए भारत के संकल्प को एक नई ऊर्जा मिली है श्री मोदी ने यह भी कहा कि प्रचंड जनादेश जिम्मेदारियों को बढ़ा भी देता है भारत का लोकतंत्र परिपक्व होते जा रहा है देश की जनता सत्ताभाव को ना तो स्वीकार करती है और ना ही पचा पाती है देश की जनता ने सेवाभाव के कारण एनडीए को दोबारा स्वीकार किया है इससे पहले अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र में उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद यह पहला अवसर है जब कोई चुनी हुई सरकार एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है उन्होंने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि श्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र को सार्थक किया है कांग्रेस कार्य समिति बैठक कांग्रेस कार्य समिति ने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी द्वारा पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश नामंजूर कर दी है आज नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी ने त्याग पत्र देने की पेशकश की थी लेकिन कार्य समिति ने सर्व सम्मति से इसे अस्वीकार कर दिया कार्य समिति ने प्रस्ताव पास कर इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में पार्टी का नेतृत्व और मार्गदर्शन करते रहने के लिए राहुल गांधी से अनुरोध किया कार्य समिति ने पार्टी में बदलाव करने और इसे पुनर्गठित करने का अधिकार भी कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदान किया

सीआरपीएफ की दो सौ उनतीसवीं बटालियन ने गश्त के दौरान उसूर थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को पकड़ा इन पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए दस दस किलो के पांच आईईडी बरामद किए हैं सीआरपीएफ डीआरजी एसटीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी इसी दौरान केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम ऊपरचंदेली और खालेचंदेली के बीच सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किए जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया

इसके मुताबिक सभी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए एक से तीस जून तक तथा अन्य कक्षाओं के लिए सोलह जून से पंद्रह जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी नियमित कक्षाएं एक जुलाई से प्रारंभ होंगी इसी तरह छात्र संघ चुनाव और शपथ ग्रहण बाईस से इकतीस अगस्त तक कर लिया जाएगा खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सत्रह जुलाई से बीस दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है महाविद्यालयों में वार्षिक आयोजन इक्कीस बाईस और तेईस दिसंबर में से किसी भी दो दिन किया जाएगा महाविद्यालयों में दशहरा दीपावली शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज राज्यभर में जगह जगह श्रद्वांजलि सभाएं आयोजित की गईं राजधानी रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में भी इस हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्वांजलि दी गई इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे इस दौरान श्री सिंहदेव ने झीरम घाटी में हुए हमले को एक साजिश करार दिया गौरतलब है कि छह साल पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा सहित उनतीस लोग मारे गए थे नदी नाला जल प्रवाह प्रदेश के नदी नालों में साल भर पानी का बहाव सुनिश्चित करने के लिए अब बांधों से पानी नदी नालों में प्रवाहित किया जाएगा रायपुर संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र ने संभाग के सभी कलेक्टरों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं कमिश्नर ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नरवा परियोजना के तहत धमतरी जिले के गंगरेल बांध और बालोद जिले के तांदुला गोंदली तथा खरखरा जलाशयों के पानी से जिले के नदी नालों के प्रवाह को साल भर बारहों महीने बनाए रखा जा सकता है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा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

इस बार के अंक में सरगुजा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है आज से नौतपा भी शुरू हो गया है कई इलाकों में आज भी लू की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण इन दिनों प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान चवालीस से पैंतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है

आगामी चौबीस घंटों के बारे में अनुमान है कि प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा दिन के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी भी हो सकती है

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है यह कमेटी तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी